वोटों की गिनती तेईस मई को देशभर में आदर्श आचार संहिता लागू प्रदेश की सभी अस्सी लोकसभा सीटो के लिए सात चरणो में कराया जायेगा मतदान

देश भर में कल मनाया गया राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस प्रदेश में कल से शुरू हुआ पल्स पोलियो अभियान देश में सत्रहवीं लोकसभा के लिए ग्यारह अप्रैल से उन्नीस मई तक सात चरणों में मतदान होगा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 मतदान की तारीखें इस प्रकार हैं पहला चरण ग्यारह अप्रैल दूसरा चरण अट्ठारह अप्रैल तीसरा चरण तेईस अप्रैल चौथा चरण उन्तीस अप्रैल पांचवा चरण छः मई छठां चरण बारह मई सातवां चरण उन्नीस मई को होगा सभी चरणों की मतगणना तेईस मई को होगी चुनाव की घोषणा के साथ ही देश भर में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि कर्नाटक मणिपूर राजस्थान और त्रिपुरा में दो चरणों में चुनाव होगा असम और छत्तीसगढ़ में तीन चरणों में तथा झारखंड मध्यप्रदेश महाराष्ट्र और ओडिशा में चार चरणों में मतदान कराया जायेगा जम्मू कश्मीर में पांच चरणों में जबकि पश्चिम बंगाल बिहार और उत्तर प्रदेश में सात चरणों में वोट डाले जाएंगे पहले चरण में बीस राज्यों की इक्यानवे लोकसभा सीटों के लिए मतदान कराया जाएगा जिन बाईस राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में एक चरण में मतदान होना है उनमें आंध्रप्रदेश अरूणाचल प्रदेश गोवा ग्जरात हरियाणा हिमाचल प्रदेश केरल मेघालय मिजोरम नगालैंड पंजाब सिक्किम तेलंगाना तमिलनाड अंडमान और निकोबार द्वीप समूह दादरा और नगर हवेली दमन और दीव लक्षद्वीप दिल्ली पुडुचेरी चंडीगढ़ और उत्तराखंड शामिल हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ नहीं होंगे उन्होंने कहा कि राज्य में लोकसभा चुनाव की संक्षम निगरानी के लिए आयोग ने तीन विशेष पर्यवेक्षक नियुक्त करने का फैसला किया है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 आयोग ने मीडिया से निवेदन किया कि यो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने के प्रयासों में सकारात्मक और रचनात्मक भूमिका निभाएं मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई हैं

इस बार के चुनाव में देशभर में दस लाख मतदान केंद्र बनाए जाएगे और सभी ईवीएम के साथ वीवीपेट का प्रयोग किया जाएगा शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए बड़ी संख्या में केंद्रीय पुलिस बलों की तैनाती की जाएगी चुनाव आयोग ने निष्यक्ष चुनाव के लिए सोशल मीडिया पर प्रचार के लिए पूर्व अनुमति की शर्त लगा दी है

दिवाकर आकाशवाणी समाचार दिल्ली प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों से लोकसभा के आगामी च्नावों में सक्रियता से भाग लेने की अपील की है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 प्रधानमंत्री ने चुनाव आयोग को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि चुनाव का संचालन करने के लिए भारत को इस पर गर्व है राजनीतिक दलों ने सत्रहवीं लोकसभा के चुनावों की घोषणा का स्वागत किया है भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने लोगों से रिकार्ड संख्या में मतदान करने का आह्वान किया है कांग्रेस ने चुनाव कार्यक्रम का स्वागत करते हुए कहा कि पार्टी मुकाबले के लिए तैयार है बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने कहा है कि स्वतंत्र निष्पक्ष और शान्तिपूर्ण ढंग से चुनाव कराने के लिए करोड़ो मजदूरों गरीबों किसानों महिलाओं और युवाओं की भागीदारी आवश्यक है समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि देश अपना लोकतंत्र उत्सव मना रहा है जिसमें सभी को आशा और एकता के लिए वोट करना चाहिए आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने कहा है कि जनता लोकतंत्र की वास्तविक ताकत है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि पड़ोसी देश के शत्र्तापूर्ण रवैए को देखते हए केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ जैसे सुरक्षा बलों की भूमिका महत्वपूर्ण हो गयी है उन्होंने कहा कि दुश्मन हो और युद्ध लड़ने में सक्षम न हो तो देश की सुरक्षा बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाती है श्री मोदी ने कहा कि सीआईएसएफ जवानों की चौकसी देश के विकास को चौबीसों घंटे सुरक्षा प्रदान कर रही है प्रधानमंत्री कल गाजियाबाद जिले में इंदिरापुरम में सीआईएसएफ के स्वर्ण जयंती समारोह में बोल रहे थे आपकी ये उपलब्धि इसलिए महत्वपूर्ण बन जाती है क्योंकि जब पड़ोसी बहुत होस्टाइल हो युद्ध लड़ने की उसकी क्षमता न हो और भारत के भीतर ही अलग अलग प्रकार से घात करने के पड़यंत्रों को वहां से पनाह मिलती हो बल मिलती हो आतंक का रूप घिनौना रूप अलग अलग स्वरूप में प्रकट होता है ऐसी मुश्किल चुनौती के बीच देरा की रक्षा देरा के संसाधनों की रक्षा सुरक्षा ये अपने आपमें एक बहुत बड़ी चुनौती होती है प्रधानमंत्री ने कहा कि इन जवानों को अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों सहित अन्य लोगों की सुरक्षा जांच करनी होती है श्री मोदी ने कहा कि सीआईएसएफ के जवानों ने संकट की घड़ी में विदेशों में भी अपनी सेवाएं दी हैं देशभर में कल राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में बच्चों को पोलियो की दवा पिलाकर वर्ष दो हजार उन्नीस के पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ किया देश को पोलियो मुक्त बनाये रखने के लिए पांच साल से कम आयु के करीब सत्रह करोड़ बच्चों को पोलियो की दवा दिलाई जा रही है प्रदेश में पल्स पोलिया अभियान की शुरूआत कल से हो गयी

कौशाम्बी जिले में अभियान की शुरूआत करते हुए जिलाधिकारी ने बताया कि इसके लिए पांच सौ इक्यानबे टीमों को लगाया गया है टीकाकरण अभियान के तहत दो लाख अठहत्तर हजार पांच सौ उन्तालिस बच्चों को पोलिया ड्राप पिलाने का लक्ष्य रखा गया है जौनपुर जिले में नवजात शिशु एवं बच्चों को पोलियो वैक्सीन की अतिरिक्त खुराक पिलाई गयी जिले में दस से पन्द्रह मार्च तक सघन पल्स पोलियो प्रतिरक्षण अभियान पूर्व चक्रों की भाँति चलाये जाने का निर्णय भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा लिया गया है गोण्डा जिले में कल छः दिवसीय टीकाकरण अभियान शुरू किया गया इस अवधि में गांव गांव जाकर स्वास्थ्य कार्यकर्ता पोलियो की खुराक के अलावा न्यूमोकॉकल कंजूगेट रोटावॅयरस और खसरा रूबेला के टीके लगायेंगे इसके अलावा पोलियो का सुई वाला टीका भी आया है और सरकार ने इसे भी लगाने के निर्देश दिए हैं प्रदेश शासन ने चकबंदी लेखपाल के एक हजार तीन सौ चौसठ सीधी भर्ती के पदो पर भर्ती प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने का निर्णय लिया है इन पदो में से अनारक्षित श्रेणी के एक हजार दो तथा अनुसूचित जाति के तीन सौ बासठ पदो का विज्ञापन निकाला गया जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जन जाति श्रेणी के एक भी पद का विज्ञापन नहीं दिया गया था इसके मद्दे नजर शासन ने भर्ती की प्रक्रिया को निरस्त करते हुए इस मामले की जांच कराने का निर्णय लिया है लखनऊ में मेट्रो के अगले चरण की शुरूआत इस वर्ष के अंत तक हो जायेगी लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक कुमार केशव ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में बताया कि इस चरण में चारबाग रेलवे स्टेशन से अमीनाबाद चौक होते हुए मेट्रो रूट का निर्माण कार्य होगा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा में शासन द्वारा दिए गये निर्देशों का अनुपालन ठीक से नहीं करने और पर्यवेक्षण के कार्य में शिथिलता बरतने के कारण मऊ गाजीपुर मुजफ्फरनगर बाराबंकी और फर्रूखाबाद के जिला विद्यालय निरीक्षको का तबादला कर दिया गया है